वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आय्ष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देशनर में मौजूद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है श्री मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाये रखने के लिए हैशटैग योगा एट होम को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आयुष के पास इलाज होने संबंधी अपुष्ट दावों पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि आयुष के वैज्ञानिकों भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंघान परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंघान परिषद और अन्य अनुसंघान संगठनों को मिलकर साक्ष्य आधारित अनुसंधान करना चाहिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सुझाव दिया कि आयुष दवा निर्माताओं को अपने संसाधनों का उपयोग सेनिटाइजर सहित ऐसी अन्य जरूरी सामग्री के निर्माण के लिए करना चाहिए जिनकी इस समय ज्यादा मांग है उन्होंने इसके लिए टेली मेडिसिन का उपयोग करने की सलाह दी ताकि कोविड नाइन्टीन महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता का बढ़ाई जा सके श्री मोदी ने इससे निपटने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने के महत्व पर भी जोर दिया प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए एक हजार बसों की व्यवस्था की है परिवहन विभाग ने रात से ही बसों का परिचालन शुरू कर दिया है ये वो लोग हैं जो सीमाओं पर फंसे हुए हैं और अपने घर पैदल जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सरकार ने ऐसे लोगों से न घबराने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा बिहार उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे इन लोगों के लिए भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराएं भारत कोविड नाइन्टीन के लिए दवा विकसित करने के प्रयोजन से विश्व स्वास्थ्य संगठन के परीक्षण में जल्दी ही शामिल होगा भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंघान परिषद के संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि श्रूआत में कोरोना पीडितों की संख्या कम होने के कारण भारत ने इस परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होने कहा कि भारत ने टीका परीक्षण में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है कोविड नाइन्टीन वैश्विक महामारी के बारे में लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रेलवे ने अपने चौबीस घंटे का हेल्पलाइन नंबर एक तीन आठ और एक तीन नौ का उपयोग बढ़ाया है भारतीय रेलवे ने कहा है कि इक्कीस दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान ये दोनों हेल्पलाइन नम्बर रेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों को सहायता प्रदान करेंगे और प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साद्न और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छीकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नम्बर है एक शुन्य सात पांच प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच गोरखपुर सदर से सांसद रविकिशन ने अपना एक माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया है श्री रविकिशन इससे पहले अपनी सांसद निधि से पचास लाख रूपये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जरूरी उपकरण और दवाए खरीदने के लिए दे चुके हैं सांसद ने कहा कि देश इस समय महामारी के संकट से ग्जर रहा है उन्होंने समाज के समी समर्थ व्यक्तियों से प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने भी अपनी सांसद निधि से तैंतालीस लाख रूपये मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए जारी किए हैं दूरदर्शन के बहुचर्चित धारावाहिकों रामायण और महाभारत का आज से पुनर्प्रसारण शुरू हो गया है रामायण का प्रसारण राष्ट्रीय चैनल पर सुबह नौ से दस बजे तक और रात नौ से दस बजे तक किया जा रहा है महाभारत धारावाहिक का प्रसारण डीडी भारती चैनल पर दोपहर बारह बजे और शाम सात बजे होगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन धारावाहिकों का प्रसारण फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने आकाशवाणी से बातचीत में आशा व्यक्त की कि नई पीढ़ी इस कार्यक्रम को उसी भावना से देखेगी जिस तरह तैंतीस वर्ष पहले लोगों ने इसे बड़े उत्साह और श्रद्वा से देखा था